जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का लिया फैसला कांग्रेस घोषणा पत्र कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं इस अवसर पर नई दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत पार्टी ने पांच करोड़ गरीब परिवारों को वार्षिक बहत्तर हजार रुपये उपलब्ध कराने का वायदा किया है रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मार्च दो हजार बीस तक बाईस लाख रिक्त पदों को भरने का वायदा किया है और ग्राम पंचायतों में दस लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनरेगा की आलोचना के मुद्दे पर श्री गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वर्तमान एक सौ मानव दिवस को बढ़ाकर डेढ़ सौ कर दिया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षो तक भारतीय युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी शिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए बजेट में अलग से प्रावधान किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा पत्र में किसानों द्वारा ऋण अदा न करने को आपराधिक नहीं बल्कि दीवानी अपराध समझा जाएगा पार्टी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा करने के साथ ही नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के पुनर्गठन का वायदा किया है पार्टी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत सीट आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित करने को भी कहा है घोषणा पत्र कांग्रेस भाजपा प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र जन आवाज का स्वागत किया है पार्टी के प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एक बयान जारी कर कहा कि इस घोषणा पत्र में गरीब व्यापार उद्योग की तरक्की किसान गृहणियां नौजवान शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई खामियां बताई हैं पार्टी ने अपने टवीटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भारत की एकता अखण्डता और सम्प्रभुता पर स्ट्राइक किया कांग्रेस ने देशद्रोही कानून समाप्त करने और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ए एफएसपीए कानून की समीक्षा करने का वादा किया है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र पर ही जिंदा है पार्टी पचपन सालों से गरीबी हटाओ का नारा दे रही है आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने यह बात कही पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने आज रायपूर में प्रेसवार्ता कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की कई खामियां गिनाई उन्होंने घोषणा पत्र को काल्पनिक वादों का बजट बताया

इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर संक्षिप्त चर्चा की स्वामी विवेकानंद विमानतल पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया इसके बाद वे ओडिशा के कालाहांडी के लिए रवाना हो गए जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया सुब्रत साहू फोन इन लाइव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरुक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह आज आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र के माध्यम से मतदाताओं से रूबरू हुए आकाशवाणी के फोन इन लाइव कार्यक्रम में उपस्थित होकर उन्होंने मतदाताओं के सवालों के जवाब दिए इस कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और हर वर्ग के रेडियो श्रोताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से सवाल पूछे श्री साहू ने करीब एक घंटे तक श्रोताओं की शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया साथ ही उन्होंने प्रदेश में चलाए जा रहे मतदाता जागरुकता कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान कल बस्तर के सुकमा और कोंडागांव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इसके बाद वे रायपुर पहंचेंगे जहां पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से चर्चा करेंगे श्री चौहान कल ही भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा उधर कांग्रेस ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है पार्टी द्वारा इस समय प्रदेश में न्याय यात्रा निकाली जा रही है यात्रा के दौरान आज तीसरे दिन न्याय रथ कोंडागांव पहुंचा वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मलेन में शामिल हुए और एक जनसभा को संबोधित किया सभा में मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने संबोधन में पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है श्री सिंहदेव ने आज जांजगीर में भी एक चुनावी सभा लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया पुनिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया दो दिवसीय दौरे पर आज शाम नियमित विमान से रायपुर पहुंचे श्री पुनिया तीन और चार अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं और लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे

इसके अलावा श्री पुनिया दुर्ग में पार्टी उम्मीदवार प्रतिमा चंद्राकर की नामांकन रैली में भी हिस्सा लेंगे उनका चार अप्रैल को ही नियमित विमान से नई दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत नारायणपुर जिले में मोचो बोट मोचो भविष्य फ्लैक्स बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है

कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी फ्लैक्स बैनर पर हस्ताक्षर कर अन्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया कलेक्टर ने मतदाताओं से बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कल एक अप्रैल को गांव कस्बों सहित शहरी इलाकों में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया गया निगरानी दल कार्रवाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है आयोग द्वारा नियुक्त निगरानी दलों ने प्रदेश में अब तक लगभग एक करोड़ रूपये की अवैध धनराशि वस्तु तथा अन्य सामान जब्त किया है साथ ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं पुलिस आबकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के हर जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान अधिकारियों ने लैपटॉप साड़ी प्रेशर कुकर आदि भी जब्त किए हैं जिनकी कीमत करीब चौंतीस लाख रूपए है

पार्टी छत्तीसगढ़ में बहजन समाज पार्टी के सहयोगी दल के रूप में बनी रही रहेगी लेकिन किसी भी सीट पर वह प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी पार्टी की कोर कमेटी और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी के प्रवक्ता संजीव अग्रवाल ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी वहीं बसपा ने सभी ग्यारह सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं ऑटिज्म दिवस आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है हर वर्ष ये दिन ऑटिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है एसिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टीव पार्टिसिपेशन ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकार हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति को आमतौर पर संवाद करने में परेशानी होती है यह विकार बचपन में शुरू होता है जो बड़े होने तक बना रहता है

समापन समारोह में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने खिलाड़ियों सहित सभी उपस्थित लोगों को अनिवार्य मतदान के लिए शपथ दिलाई दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सुधार कार्य की वजह से चार से सोलह अप्रैल तक कुर्ला टाटा नगर अंत्यादेय एक्सप्रेस रद्द रहेगी बिलासपुर जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एंबुलेंस से दस किलो गांजा जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत उनतालीस लाख रूपये बताई जा रही है